उन्होंने कहा कि नई नीति अनेक लोगों के पिछले चार पांच वर्षो के अथक परिश्रम का परिणाम है

प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जायेगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे श्री मोदी ने कहा कि स्क्ल पर्व शिक्षा बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने का पहला अन्भव होती है उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिये शिक्षा दी जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कल स्त्तावन नए मामले सामने आए जिसमे से चौबीस व्यक्ति बंदरदेवा चेकगेट तेरह ट्रिम्स सत्रह पेड क्वारेंटिन टेस्टिंग सेंटर दो आरके मिशन अस्पताल और एक व्यक्ति नाहरलगुन में पॉजिटिव पाया गया पाप्मपारे जिले में चौदह ईस्ट सियांग में बारह लोअर स्बनसिरी जिले में ग्यारह लोअर दिबांग वैली जिले में चार और अपर सियांग जिले में पांच मामले दर्ज किए गए लोगडिंग जिले में दो क्रुंग क्मे नामसाई वेस्ट कामेंग और वेस्ट सियांग जिले से कोविड पॉजिटिव का एक एक मामला सामने आया है राज्य में संक्रमण के दर उनतीस प्रतिशत के आस पास बनी ह्ई है जबकि ठीक होने वाले मरीजों की दर लगभग इकहत्तर प्रतिशत हो गया है राज्य में इस समय एक हजार छह सौ अड्डावन कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले हैं

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि जांच में संक्रमण की प्ष्टि होती है तो उस व्यक्ति को कोरोना वायरस के मानकों के अन्सार घर में आइसोलेशन में रहना होगा

इसे ध्यान में रखते हए केंद्र सरकार ने ईटानगर सहित देशभर के एक सौ पच्चीस शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू किया है अरुणाचल प्रदेश में इस योजना के नोडल अधिकारी जॉनसन लेगो ने बताया कि ईटानगर में करीब पांच सौ पचास स्ट्रीट वेंडर्स है और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने को कहा गया है इस योजना के तहत प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक से दस हजार रुपये तक का ऋण मिलता है और सात प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी मिलती है उन्होंने कहा कि समय से लोन अदायगी करने पर व्यवसाय को ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा

इस अवसर पर जिला उपाय्क्त पिगे लिग् ने जिले के सत्तासी उचित मूल्य की दुकानों को इ पी ओ एस मशीन वितरीत किया सरकार की योजना के अन्सार आधार कार्ड के सत्यापन के बाद लाभार्थी को देश के किसी भी उचित मुल्य की दुकान से राशन मिल सकेगा इस योजना को पापुमपारे जिले में अगले महीने से लागू किए जाने की संभावना है जिला खाद्य आप्रर्ति अधिकारी होनी बायांग ने बताया कि देश के किसी भी हिस्से का राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्ड होल्डर्स जिले की उचित मूल्य की द्कानों से राशन ले सकेंगे

तीन महीने के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाविदयालय के तीस कर्मियों के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों के उन्नीस बागवानी कर्मियों ने भाग लिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन्हें बागवानी और इससे सबंद्व क्षेत्रों में तकनिकी विकास का प्रशिक्षण दिया गया